कोलकाता में डॉक्टरों के साथ हुई कथित हिंसा के विरोध में आज चिकित्सक मना रहे है देशव्यापी काला दिवस

आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिये भारत में जल्द ही एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शधाई सहयोग संगठन शिखर बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद विश्व के सामने एक ज्वलंत समस्या है और इसे मिलजुल कर ही जड से उखाडा जा सकेगा प्रधानमंत्री आज सम्मेलन से अलग किर्गिस्तान कजाख्स्तान मंगोलिया बेलारूस और ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे भारत और किर्गिस्तान के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे केन्द्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान की दर साढ़े छह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने का निर्णय किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अंशदान कम करने का फैसला किया है नई दरें एक जुलाई से लागू होगी

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अगले सौ दिनों के दौरान एक करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाने के लिए ग्रामस्तर पर अभियान चलाने का अन्रोध है वे कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के क्रषि मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे इस दौरान सरकार की तीन मुख्य योजनाओं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघ् तथा सीमांत किसान पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई नरेन्द्र सिंह तोमर ने लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया ताकि अप्रैल से जुलाई की अवधि के लिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सके भीषण गर्मी में पानी के संकट से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सडको पर उतर आये है आज जयपुर के सिविल लाईस और सांगानेर क्षेत्रों में पूर्व मंत्री डॉ अरूण चतुर्वेदी जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा और सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है इनका आरोप है कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है

प्रदेश में हुई बेमोसम बारिश के कारण गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद में हो रही दिक्कत को देखते हुए केन्द्र सरकार से खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया था

कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट करने से एक चिकित्सक की मौत के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज देश भर में काला दिवस मना रहा है अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने भी इसे पूरा समर्थन दिया है

एक बयान में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के लिए सभी राज्यों में काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण आवश्यक है

नीम का थाना में आयकर विभाग की छापे की बडी कार्रवाई चल रही है

इसे शेखावाटी में आयकर विभाग की अब तक की सबसे बडी कार्रवाई बताया जा रहा है छापे की कार्रवाई के लिये साठ दल लगे हुए है और इनमें चार सौ से अधिक कर्मी शामिल है जानकारी के अनुसार ये सभी व्यापारी खनन और फुटवियर कारोबार से जुडे है जांच दल ने अब तक इन व्यापारियों से करोडो के लेनदेन के दस्तावेज जब्त किये है जेईई एडवान्स के परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिये गये है ये परिणाम आईआईटी रूडकी ने जारी किये कोटा में कोचिंग ले रहे कार्तिकेय गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया है जबकि कोटा में कोचिंग ले रहे अनेक छात्रों ने टोप टेन में जगह बनाई है कोचिंग सिटी के नाम से विख्यात कोटा में इन परिणामों को लेकर जबरदस्त खुशी का माहौल बना हुआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी के जरिये मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देश के नागरिकों के साथ साझा करेंगे

मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अच्छा संकेत है गौरतलब है कि मौसम कार्यालय ने पहले कहा था कि चक्रवात के कारण मॉनसुन की गति धीमी हो गई है इधर राजस्थान के मौसम में भी चक्रवात वाय के कारण बदलाव की संभावना है